किन्नौर ज़िला प्रशासन ने किन्नर कैलाश यात्रा पर अगले आदेशों तक लगाई रोक

दुबई में आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटैंट ऑफ इंडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को विश्व में निवेश के लिए प्रमूख गंतव्य के रूप में उभारने के उद्देश्य से राज्य में पहली बार निवेशकों की बैठक की जा रही है ये बैठक नवम्बर माह में धर्मशाला में होनी प्रस्तावित है मुख्यमंत्री ने एसीएआई से आग्रह किया कि वे अपने व्यवसायी सहयोगियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित करें जयराम ठाक्र ने कहा कि फल उत्पादक राज्य होने के कारण हिमाचल में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने भारतीय मूल के नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने संबंधित राज्यों के सतत विकास में सहयोग के लिए योगदान दें इससे पहले कल शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई में रोड शो का आयोजन भी किया इस अवसर पर उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में मौजूद निवेश की संभावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्रीकांत बाल्दी अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और मनोज क्मार भी मौजूद रहे

इस परियोजना के तहत देश की सभी ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जाएगा

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इस परियोजना के दूसरे चरण में अगले वर्ष मार्च तक कुल दो लाख ग्राम पंचायतों में इस योजना को लागू करने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा

प्रधानमंत्री इस मासिक कार्यक्रम के जरिये विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं यह कार्यक्रम हर महीने के अन्तिम रविवार को सुबह ग्यारह बजे दिन में प्रसारित होता है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोगों से अपील की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनें तथा दूसरे लोगों को इसे सुनने के लिए प्रेरित करें

बाद में प्रतिनिधि मण्डल ने केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से उनके सरकारी आवास में भेंट की और उन्हें नरेन्द्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए जाने पर बधाई दी प्रतिनिधि मण्डल ने दोनों नेताओं को किन्नौरी परम्परा के अनुसार टोपी और खतक पहना कर सम्मानित किया

परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर देखा जा सकता है और मैरिट के आधार पर काउंसलिंग के लिए अभ्यार्थियों की सूची जल्द अपलोड कर दी जाएगी

मादक पदार्थो के सेवन के द्ष्परिणामों के बारे जागरुकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष का विषय न्याय के लिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए न्याय है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक संस्करण के जरिए ड्रग्स के दुरुपयोग के खिलाफ युवाओं को एकजुट होने का आह्वान किया था

पुलिस विभाग द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर नशा निवारण रैली निकाली गई शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के प्रयोग से समाज की नींव खोखली होती है और नशा बाल शोषण व घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है रैली में विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों व प्रतिनिधियों ने भाग लिया ऊना में आयोजित ज़िलास्तरीय कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार ने नशे से दूर रहने के लिए युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया इस दौरान आईटीआई ऊना में पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया चम्बा ज़िले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने पुलिस विभाग के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया

उन्होंने कहा कि इस हादसे को देखते हए यात्रियों की सुरक्षा के उददेश्य से यात्रा पर रोक लगाई गई है एसडीएम ने बताया कि मृतकों की पहचान पिय्ष वर्मा कुमारसेन जबकि वरूण सिंह झज्जर हरियाणा के रूप में की गई है और इनके शवों को रिकांगपिओ लाया जा रहा है

लाभार्थी महिलाओं ने योजना को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे उनके समय की बचत होगी और धुंए से छुटकारा मिलेगा

इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्मल ने पदाधिकारियों को सदस्यता अभियान की सफलता के लिए जुटने का आहवान किया उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित लोगों और नए मतदाताओं व महिलाओं को अधिक संख्या में पार्टी के साथ जोड़ा जाए बैठक में ज़िले के पांचों मण्डलों में तय समय सीमा के भीतर अभियान को पूरा करने की रणनीति भी बनाई गई

शिमला से जारी एक बयान में पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने आरोप लगाया कि सरकार ने समय रहते इस रोग की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जिससे बागवानों को नुकसान हुआ है उन्होंने सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में बागवानों को उच्च गुणवत्ता के कीटनाशक उपलब्ध करवाने और नुकसान का जायज़ा लेकर तुरंत आर्थिक मदद की मांग की है